मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं से विश्यांचल के तीन हजार गांवों के लोगों को मिलेगा फ़ायदा कोविड संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उच्चस्तरीय केंद्रीय दल उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और पंजाब पहुंचे

विन्ध्याचल क्षेत्र में तेईस पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं से हर घर नल जल परियोजना में और प्रगति होगी करीब करीब एक साल से भी अधिक समय हो गया है इस दौरान देश में दो करोड़ साठ लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम हो चुका है जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं उससे भी इस अभियान को और गति मिलेगी इसके अलावा अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो काम हो रहा है वो भी इस क्षेत्र को बहुत मदद करने वाला है प्रधानमंत्री ने कहा कि मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पेयजल परियोजनाएं न केवल लोगों को साफ सुथरा जल उपलब्ध कराएगी बल्कि अनेक बीमारियों के उन्मूलन में भी सहायक होगी श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद कई दशकों तक जिन क्षेत्रों की अनदेखी की गई उनमें ये क्षेत्र सबसे अधिक वंचित रहा श्री मोदी ने कहा कि पानी के अभाव के कारण अनेक लोगों को यहां से कहीं और जाने के लिए मजबूर होना पड़ा उन्होंने कहा कि जब तीन हजार पांच सौ गांवों को स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी तो चालिस लाख से अधिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा श्री मोदी ने कहा कि जनभागीदारी से किसी भी योजना को सफल बनाया जा सकता है जब आप इतनी बड़ी मात्रा में जुड़े हैं उत्साह उमंग के साथ जुड़े हैं तो मुझे यह पक्का विश्वास है यह योजना जो सोचा है उससे जल्दी होगी हो सकता है पैसे भी बचा ले आप लोग और अच्छा काम करे क्योंकि जन्मागीदारी होती है बहुत बड़ा परिणाम मिलता है इस योजना के तहत लाखों परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पेय जल मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं पानी के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझती हैं पानी का महत्व क्या है पानी के बिना जिंदगी कितनी कठिन है ये हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह समझती हैं तो मैं चाहूंगा कि अगर महिलाओं में जागृति रहेगी तो पानी का काम भी अच्छा होगा और पानी बचाव का काम भी अच्छा होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बुंदेलखंड के लाखों परिवारों को उनके घर पर ही पेयजल उपलब्ध हो जाएगा विंध्याचल हो बुंदेलखंड हो ये पूरा क्षेत्र संसाधनों के बावजूद अभाव का क्षेत्र बन गया है इतनी नदियां होने के बावजूद इसकी पहचान सबसे अधिक प्यासे और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ही रही है जब यहां के तीन हजार गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो चालीस लाख से मी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा इससे यूपी के देश के हर घर तक जल णुंचाने के संकल्प को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी श्री मोदी ने कहा कि सरकार विंध्य क्षेत्र के चौमुखी विकास के प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद उत्तर प्रदेश ने विकास की मिसाल कायम कर दी है इससे उत्तर प्रदेश सरकार और यहां के लोगों की छवि भी बदल गई है प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी से निपटने में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि महामारी के दौरान अपने घरों को लौटे प्रवासियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना कोई मामूली कामयाबी नहीं है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री योगी के अपार प्रयासों से मस्तिष्क ज्वर और अन्य बीमारियों में काफी कमी आई है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश और उत्तर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में आवास बिजली और स्वास्थ्य सुक्धियाए उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है उज्ज्वला योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य में बेहतरी आई प्रधानमंत्री ने लोगों को फिर आगाह किया कि वे कोविड संक्रमण से सचेत रहे क्योंकि कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है इसलिए हमें और साक्धानी बरतने की जरूरत है मामूली चूक से बड़ा नुकसान हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि पेयजल परियोजनाओं से न केवल लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा बल्कि वे दूषित जल से होने वाली बहुत सी बीमारियों से बच सकेंगे इसमें नौ पाइप पेय जल परियोजनाएं जनपद मिर्जापुर की और चौदह पाइप पेयजल की परियोजना जनपद सोनभद्र की हैं

इससे पहले श्री मोदी ने जिलों की पानी समितियों के सदस्यों से बातचीत की केन्द्र सरकार ने कोविड संक्रमण को रोकने तथा उसके प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए उच्च स्तरीय केन्द्रीय दलों को रवाना किया है इन राज्यों में या तो सक्रिय मामलों की संख्या बढी है अथवा प्रतिदिन नये मामलों की संख्या में वृद्वि हुई है ये तीन सदस्यीय केन्द्रीय दल उन जिलों में जायेंगे जहां कोविड संक्रमण के अधिक मामले प्रकाश में आये हैं ये दल संक्रमण को रोकने निगरानी नमूनों की जांच तथा संक्रमण से ग्रस्त लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे ये केन्द्रीय दल संक्रमण से उबर चुके लोगों की देखभाल तथा उससे जुडे एहतियात के बारे में भी सुझाव देंगे राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने शिक्षकों और विद्यार्थियों पर ज़ोर दिया है कि वह योग और खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनायें श्रीमती पटेल कल राजभवन में लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी दिवस समारोह के मौके पर कलपति आलोक कुमार राय के नेतृत्व में आये दो सौ सदस्यीय दल को सम्बोधित कर रही थीं यह सभी लोग विश्वविद्यालय परिसर से राजभवन तक पद यात्रा करके आये थे श्रीमती पटेल ने शैक्षिक यात्रा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को शैक्षिक यात्रा पर जाने का अवसर देना चाहिए ताकि उनमें नया जानने और नया सीखने का न सिर्फ़ रूझान पैदा हो बल्कि उनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व का गुण भी विकसित हो सके

प्रदेश में कई स्थानों से कल गोपाष्टमी पर्व के श्रद्वा और उल्लासपूर्वक मनाये जाने के समाचार मिल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मिर्ज़ापुर के टांडा फाल स्थित गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया और गोपाष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए इस दौरान श्री योगी ने ग्यारह कुपोषित परिवारों को गायें दान में दीं कार्यक्रम में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह भी मौजूद थे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म स्थान में दर्शन कर देश और प्रदेश की उन्नति और सभी के आरोग्य होने की कामना की